भारतीय सेना द्वारा नियंत्रण रेखा पार कर अधिकृत कश्मीर में आंतकी शिविरों को नष्ट करने के लिए की गई सर्जिकल स्ट्राईक की दूसरी वर्षगांठ को पराक्रम पर्व के तौर पर मनाया जा रहा है इस सिलसिले में आज से हरियाणा सहित देश भर में कई कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है इस मौके पर आज जे सी बोस विज्ञान एवं प्रौदयोगिकी विश्वविदयालय वाई एम सी ए फरीदाबाद में विदयार्थियों के लिए भाषण प्रतियोगिता शहीदों के लिए संगीतमय श्रदाजंलि तथा सैनिकों के लिए संदेश लिखने जैसी विभिन्न गितविधियों का आयोजन किया गया विदयार्थियों को सशस्त्र सेनाओं के बलिदान प्रति अवगत करवाने के लिए कर्नल ऋषि पाल गोयल को विशेष रूप से आंमत्रित किया गया

यम्नानगर में भी कल पंचायत भवन के सभागार में इस सम्बधी विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा जिसमें स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन म्ख्य अतिथि होंगे कार्यक्रम में पूर्व सैनिक एनसीसी कैडिट व स्कूली बच्चे भाग लेंगे रक्षा मंत्री निर्मला रमण अब से कुछ देर बाद नई दिल्ली के इंडिया गेट पर पराक्रम पर्व कार्यक्रमका श्भारंभ करेगी और बच्चों से बातचीत करेगी बाद में सशस्त्र बल के वीरता से भरे चित्र और फिल्में दिखाई जायेंगी

लोगों को जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों दवारा बरामद किए हथियारों को देखने का अवसर भी मिलेगा शनिवार और रविवार को फौजी बैंड के अलावा प्रसिद्व गायक भी अपने गीत प्रस्त्त करेंगे आवास और शहरी मामले मंत्री हरदीप सिंह प्री ने उद्योगों से प्लास्टिक अपशिष्ठ को री साईकल करने के निर्देश दिये है उन्होंने कहा कि कए समय की चमत्कारिक सामग्री प्लस्टिक अब पारिस्थितिकी तंत्र में अवरोध पैदा कर रहा है और इससे पहले कि प्लास्टिक एक खतरा बने समाज को स्वयं विनियमित करना चाहिए उन्होंने कहा कि समाज को प्लास्टिक के विरूदव एक जन आंदोलन छेड़ देना चाहिए आज नई दिल्ली में प्लास्टिक रीसाईकलिंग एंड वेस्ट मैनेंजमेंट ओपरच्निटी एंड चैलेंजइस की अंतर्राष्ट्रीय कांफ्रेस में बोलते हुए मंत्री ठोस कचर प्रबंधन पर बल देते हुए कहा कि शहरों का काया कल्प सतत हो और हरियाली का प्रा ध्यान रखा जाये और सरकार दवारा शुरू किए गए स्वच्छता अभियान कार्यक्रम पहले ही इस दिशा में प्रभाव बना रहे है

इस अवसर पर बोलते हए श्री प्रसाद ने कहा कि इससे डाटा के आधार पर स्शासन द्वारा नागरिक सेवाएं देने का काम मजबूती आयेगी उन्होंने वैज्ञानिकों का आहवान किया कि वोह परिवर्तनात्मक तरीकों में डाटा का प्रयोग करे श्री प्रसाद ने कहा कि डिजीटल भारत एक जन आंदोलन बन रहा है और एनआईसी को देश के विकास में बदलाव लाने की भूमिका निभाने का आहवान किया उन्होंने कहा कि देश की न्यायिक प्रणाली में भी एनआईसी एक ब्नियादी भूमिका अदा कर रही है इस अवसरपर मंत्री ने मोबाइल ऐप डिजी वार्ता भी शुरू की हमारे संवाददाता ने बताया कि इससे वित्तीय और सामाजिक समावेश कार्यक्रम तहत डाटा प्राप्त करने में सहायता मिलेगी

इनमे कुरुक्षेत्र करनाल जींद पानीपत और कैथल का क्षेत्र शामिल है इन तीर्थो पर आम लोगों को लाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि उन्हें अपनी प्राचीन संस्कृति के गौरव बारे अवगत कराया जा सके

पंजाब विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष ग्रमीत सिंह ने विजेताओं को सम्मानित किया उन्होंने आकाश्वाणी कर्मियों को सम्बोधित करते हुए कहा िक आकाशवाणी हिन्दी भाषा की वाहक है हिन्दी के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी और दूरदर्शन की अहम भूमिका है इस अवसर पर तात्कालिक आश्माषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया पखवाड़े के दौरान आयोजित की गई प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी इस अवसर पर प्रस्कृत किया गया आज हरियाणा में ऑल इंडिया कैमिस्ट एंड इग्स ऐसोसिएशन के आह्वान पर दवा विक्रेताओं की हड़ताल रही थोक और परचून दवा विक्रेता दवा की ऑन लाइन बिक्री का विरोध कर रहे है अम्बाला यम्नानगर जिले सिरसा व अन्य जिलों से मिली जानकारी के अन्सार कैमिस्ट द्काने बंद रहने से मरीज़ों व तिमारदारों को परेशानी का सामना करना पड़ा हालांकि कई शहरों में क्छ द्वकाने ख्ली भी रही ग्रूगाम से हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वास्थ्य सेवाओं में बाधा न हो इसलिए कुछ द्कानें ख्ली भी रखी गई कैमिस्ट एंड ड्रग्स ऐसोसिएशन के प्रतिनिधियों का कहना है कि दवाओं की ऑन लाइन बिक्री से उनका कारोबार प्रभावित हो रहा है उनका कहना है कि दवाओं की ऑन लाइन बिक्री कानून के विरूदव है और इसमें पारदर्शिता भी नहीं है हरियाणा प्लिस ने उत्तरप्रदेश के दो हथियार तस्करों को जींद के पटियाला चौक से गिरफतार किये हैं

प्लिस विभाग के प्रवक्ता ने आज पंचक्ला में बताया कि पकडे गए आरोपियों की पहचान मेरठ जिले आलमगिरप्र निवासी के ग्रजीत सिंह और उत्तरप्रदेश के ही मुक्तेश्वर जिले के गांव अक्खाप्र निवासी मुनेन्द्र के तौर पर हई है प्रवक्ता ने बताया कि एक ग्प्त सूचना के आधार पर प्लिस टीम ने मौके पर पहंचकर दोनों आरोपियों को काब् किया

गहन पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया कि वह पिछले लंबे समय से जींद क्षेत्र में अवैध पिस्टल की सप्लाई कर रहे है

सूचना मिलने के बाद प्लिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहंचे जिसके बाद वाहनों का मार्ग बदला गया प्राने प्ल से वाहनों को निकाला गया